मप्र श्रमिक ट्रेन राज्य के श्रमिकों को वापस लाने के प्रयासों के बीच प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को लेकर ट्रेन आज प्रदेश के अलग अलग स्टेशनों पर आ रही है

यहाँ पर सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनके गृह जिले भेजा जा रहा है

यहाँ जिला प्रशासन ने स्टेशन पर सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग कराई और भोजन के पैकेट वितरित कर अपने घर के लिए रवाना किया

लॉक डाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य के हजारों श्रमिक फसे हए हैं म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी श्रमिकों को वापस लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक ने रिटेल टर्म डिपोजिट श्रेणी में एक नया उत्पाद एस बी आई वी केयर डिपोजिट शुरू किया है इस नये उत्पाद के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए पांच वर्षों या उससे अधिक अविध वाले रिटेल टर्म डिपोजिट्स पर तीस आधार अंकों का अतिरिक्त प्रीमियम दिया जायेगा

प्लाज्मा उपचार इंदौर के एक निजी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के उपचार से कोरोना संक्रमण वाले चार मरीज ठीक हो गए हैं इसे कोरोना से उपचार की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा हैस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोतम मिश्रा ने आज प्लाज्मा थैरेपी से स्वस्थ होकर घर लौटे मरीजों से वीडियो कॉलिंग से बात कर उनका हौसला बढ़ाया उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थैरेपी के उपचार से कोरोना संकट से निपटने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि इंदौर में शासकीय अस्पताल में भी जल्दी ही इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा

अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों से प्रदेश के जिलों में आने की व्यवस्था पहले नहीं थी

पहले के आदेश में इंदौर उज्जघ्र भोपाल धार खंडवा एवं खरगोन जिलों से अन्य जिलों के लिए मात्र मेडिकल इमरजेंसी मृत्य् और विवाह के लिए ही ई पास किए जा रहे थे इसमें शिथिलता देते हुए अब इन जिलों से भी अन्य जिलों की तरह कलेक्टर द्वारा प्रदेश के अंदर एवं अन्य जिलों में यात्रा की अन्मति दी जाएगी

उज्जैन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते आज से यहां मेडिकल द्काने एवं दूध वितरण को छोड कर पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है

जबलप्र में पांच नए संक्रमित मिलें हैं जिसमें तीन माह की एक बच्ची भी शामिल है जिसकी दो दिन पूर्व अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्य् हो गयी

सीहोर जिले में आज एक मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गयी यह जिले का पहला मामला है इस महिला को कल रात सांस लेने में हो रही तकलीफ के कारण गंभीर हालत में भोपाल भेज गया था जिसकी दोपहर अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्य् हो गयी म्रैना जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में काम कर रहीं सभी नर्सो एवं अन्य कर्मचारियों की स्रक्षा के लिहाज से पर्सनल प्रोटेक्शन के सभी साधन उपलब्ध कराए गए हैं

अशोकनगर जिले कोरोना संक्रमण से मृत महिला के संपर्क में आए हए सभी व्यक्तियों के सेम्पल निगेटिव निकले है

खंडवा में सांसद नंदक्मार सिंह चौहान के प्रयासों से कोरोना टेस्टिंग लैब की सौगात मिली है